कांग्रेस बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज राजधानी रायपुर में हुई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी विधायक को निगम मंडल की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री सोमवार से शनिवार तक बारी बारी से पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि निगम मंडल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पार्टी के आम नेता और कार्यकर्ताओं के बीच से की जाएगी किसी भी विधायक को निगम मंडल की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा करने और नगरीय निकाय चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की दिशा में लम्बी चर्चा हुई

सब मंत्री बारी बारी से कांग्रेस भवन में अपनी सेवाएं देंगे उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्रचार कमजोर रहा वहीं नगरीय क्षेत्रों में वोट प्रतिशत में गिरावट भी एक बड़ा कारण है उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर चिंतन और समीक्षा कर रही है बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित सभी मंत्री विधायक प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मौजूद थे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

मंत्रालय ने कहा कि अंतिम निर्णय जनता की राय और राज्य सरकारों के परामर्श से लिया जाएगा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 लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ राज्यों में मतदाताओं की वास्तविक संख्या और वोट डालने वालों की कुल संख्या के बीच विसंगति होने के आरोप लगाए गए हैं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 रिजर्व बैंक साक्षरता सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक कल से सात जून के बीच देशभर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा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 वित्तीय जागरूकता संदेश को प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर व्यापक प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले से अपेक्षा की है कि वे छत्तीसगढ़ी सहित स्थानीय भाषा और बोलियों से न केवल अवगत रहें बल्कि उसे समझें और बोलचाल के लिए भी उपयोग में लाएं श्री बघेल ने कल राजधानी रायपुर में वन विभाग की समीक्षा बैठक ली बैठक में नदी तट रोपण और वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना हरियर छत्तीसगढ़ हरियाली प्रसार योजना सहित आगामी वर्षा ऋतु में पौधरोपण जैसे कार्यो की भी समीक्षा की गई साथ ही संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किए जा रहे ग्राम विकास के कार्यों पर भी विचार विमर्श किया गया

इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की पूर्व आईएएस और वरिष्ठ विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा

किसान सम्मान निधि पेंशन योजना केंद्र में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाने और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को मंजूरी दिए जाने के निर्णय से प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर है दुर्ग जिले के ग्राम चिखली के किसान जागेश्वर साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को राहत मिली है

जगदलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के कोडेनार थाना क्षेत्र के बस्तानार गांव में मड़ई मेले का आयोजन किया गया था इसी दौरान माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम ने घात लगाकर गोपनीय सैनिक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी मृतक सैनिक बस्तर के मेटापाल का रहने वाला था तथा दंतेवाड़ा के कटेकल्याण थाना क्षेत्र में पदस्थ था राज्यपाल शिविर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि हर बच्चे के अंदर सुजनात्मक प्रवृत्ति होती है अभिभावकों को अपने बच्चे की इस सुजनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए राज्यपाल श्रीमती पटेल कल राजभवन में पंद्रह दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रीष्मकालीन शिविर बच्चों की सुजनात्मक प्रवृत्ति को एक दिशा देने और उनकी प्रतिभा को निखारने का अच्छा माध्यम है उन्होंने स्वास्थ्य की महत्ता का जिक्र करते हुए राजभवन में कर्मचारियों के लिए जिम स्थापित किए जाने की बात कही गौरतलब है कि राजभवन में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों के लिए किया गया था इस शिविर में पचास बच्चे शामिल हुए

इस घटना में करोड़ों रूपये के नुकसान की आशंका है पांच घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया

यह कैम्प सुबह ग्यारह बजे से अपरान्ह तीन बजे तक चलेगा